प्रदेश में यूपी कोविड केयर फंड की स्थापना हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि रविवार पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दीये और मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दीया ट्रॉर्च या मोबाइल की फ्लैस लाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दीया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशाक्ति का अहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्ठे न हों इस आयोजन के समय किसी को भी कही पर भी इकट्ठा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना हैं अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है

सोशल डिस्टॅसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ रहे लोगों के प्रति जिस प्रकार अपना आभार व्यक्त किया था वह दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के रविवार रात नौ बजे लोगों से घर की बत्तियां बंद कर मोमबत्ती दिए टॉर्च या मोबाइल की पलैश लाइट जलाने के आह्वान का समर्थन करते हुए लोगों से इस कार्य में आगे आने को कहा है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि रविवार को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दिए या मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके करोड़ो देशवासी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी एकता प्रदर्शित करेंगे प्रधानमंत्री ने इक्कीस दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है लोग अपने घरों में रहकर कोरोना वायरस के संक्रमण की इस चेन को तोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है अपने घरों में लोगों को यह लग रहा है कि ये लड़ाई हम अकेले लड़ रहे है इसीलिए पांच तारीख को रविवार को शाम को नौ बजे उन्होंने नौ मिनट मांगा है कि लोग अपने घरों की लाइट को बुझाकर के और अपने अपने घरों के दरवाजे से या बाल्कनी से छत से चाहे दिया हो मोमक्ती हो टॉर्च हो या मोबाइल का फ्लैश लाइट हो इसको प्रदर्शित करेंगे तो एक द्रसरे के घरों से जब लाइटिंग होगी तो लोगों को लगेगा कि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ रहे है देश की एक सौ तीस करोड़ जनता लड़ रही है ये पूरे देश की कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता की एक अद्भुत मिसाल होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छियासी लाख से अधिक विभिन्न पेंशन धारकों के खातों में कल आठ सौ इकहत्तर करोड़ रूपये की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी इनमें उन्वास लाख वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी छब्बीस लाख निराश्रित महिला पेंशन दस लाख दिव्यांग और दस हजार कृष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान गरीबों और वंचितों को सहायता उपलब्ध करा रही है इससे पहले उन्होंने संनिर्माण कार्य और मनरेगा सहित अन्य कार्यो में लगे श्रमिकों और कामगारों के खातों में धनराशि स्थान्तरित की थी प्रदेश सरकार ने हाल ही में दिल्ली में तब्लीगी जमात में भाग लेने वाले लोगों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आएं और जांच कराएं राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों को प्रशासन को सूचना देनी चाहिए और जांच के बाद स्वयं को अलग थलग रखना चाहिए इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को समाज के धार्मिक गुरूओं और प्रभावशाली व्यक्तियों से बात करने तथा कोराना वायरस से संघर्ष में उनकी मदद लेने का निर्देश दिया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने दो सौ अड़तालीस विचाराधीन नाबालिग कैदियों को भी रिहा करने का फैसला किया है

बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों से लोगों को बुलाकर क्वारंटीन किया गया है उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं जो चिकित्सकीय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में तब्लीगी जमात के उन सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने एमएमजी जिला अस्पताल गाजियाबाद में ब्रहस्पतिवार को महिला नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यहार किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जमात के सदस्यों के साथ कोई महिला पूलिसकर्मी और नर्सिंग स्टाफ न लगाया जाए हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में एक सौ चौहत्तर संक्रमितों में से बयालीस की पहचान तब्लीगी जमात के सदस्यों के रूप में हुई है मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन केंद्र से भागता है तो जिले के डीएम और एसएसपी जिम्मेदार माने जायेंगे इस बीच प्रदेश सरकार ने कोविड केयर फंड की स्थापना की है जिसमें कोई भी आर्थिक मदद करके कोरोना के खिलाफ यूद्ध में प्रदेश सरकार की मदद कर सकता है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर एक सौ चौहत्तर हो गई है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से संक्रमित अड़तालीस नये मरीजों का पता लगा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से बयालीस मरीज तबलीगी जमात के हैं प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक पचास मामले गौतमबुद्ध नगर से हैं इसके बाद मेरठ में पच्चीस आगरा में उन्नीस सहारनपुर में बारह और गाजियाबाद तथा लखनऊ में दस दस कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये हैं बस्ती में कोविड नाइन्टीन संक्रमण के मामले बढ़कर पांच हो गये हैं यहां इस सप्ताह एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यू भी हुई है कानपुर नगर में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सात हो गई है प्रदेश में अब तक उन्नीस व्यक्ति कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में कुल तीस लाख लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में सभी नागरिकों से इस ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया है देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सामान की खरीददारी के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर मेहमानों को न बुलाने की सलाह दी गई है अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साबन और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शुन्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं